इस चरण में प्रदेश की आठ लोकसभा सीटों मुरैना भिण्ड ग्वालियर गुना सागर विदिशा भोपाल और राजगढ़ में चुनाव होंगे कल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे

भोपाल में डमी प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल करने वाले प्रत्याशी आलोक संजर का नामांकन जिला निर्वाचन अधिकारी ने रदद कर दिया पार्टी द्वारा उन्हें बी फार्म जारी नही किया गया था अब भोपाल लोकसभा सीट से पैंतीस प्रत्याशी चुनाव मैदान में बचे हैं

इस चरण की खास सीटों में गुना शिवपुरी सीट है जहां कांग्रेस प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया एवं भाजपा प्रत्याशी के पी यादव के बीच मुख्य मुकाबला है पर्चा दाखिल लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण के लिये प्रदेश के आठ संसदीय क्षेत्रों में नामांकन पत्र दाखिल किये जा रहे हैं

यहां अधिसूचना जारी होने के बाद से ही नामांकन दाखिल करने का सिलसिला जारी है

खण्डवा में कल कांग्रेस प्रत्याशी अरुण यादव और भाजपा प्रत्याशी नंदकुमार सिंह चौहान ने अपना पर्चा दाखिल किया वहीं मंदसौर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सुधीर गुप्ता और सईद अहमद द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया गया उधर रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी जी एस डामोर ने भी कल पर्चा दाखिल किया

प्रज्ञा राहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की विशेष अदालत ने भोपाल से भाजपा प्रत्याशी प्रज्ञा ठाकुर को बड़ी राहत दी है मुंबई की विशेष अदालत ने सुश्री ठाकुर को चुनाव लड़ने से रोकने से इनकार कर दिया है

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि न्यायालय के पास ऐसा कोई कानूनी अधिकार नहीं है कि वह किसी को भी चुनाव लड़ने से रोक सके अदालत ने कहा कि यह तय करना निर्वाचन अधिकारियों का काम है सुश्री ठाकुर इस मामले में फिलहाल जमानत पर हैं राज्यपाल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अधिकारियों से क्षेत्रिय विकास के साथ जनसमस्याओं के त्वरित निराकरण को पहली प्राथमिकता रखने पर जोर दिया है उन्होंने कल प्रशिक्ष् नायब तहसीलदारों से मुलाकात में कहा कि अधिकारी वर्ग धेर्य और तटस्ट होकरअपने दायित्वों का निर्वाह करें तो नतीजे भी अच्छे मिलेंगे श्रीमती पटेल ने प्रशासनिक अमले से टीम के तौर पर काम करने की अपेक्षा की

भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का कल जबलपुर लोकसभा क्षेत्र में प्रचार करने का कार्यक्रम है वहीं कांग्रेस की ओर से कल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जबलपुर में चुनावी रैली में कहा कि केन्द्र की भाजपा सरकार ने पिछले पांच साल में कामकाज को लेकर कोई रिपोर्ट पेश नहीं की उन्होंने कहा कि इस सरकार में सवाल पूछना भी देशद्रोह माना जाने लगा है लेकिन कांग्रेस सवाल पूछती रहेगी कांग्रेस के स्टार प्रचारक ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जबलुपर छावनी क्षेत्र में आरोप लगाया कि भाजपा के नेताओं का मकसद केवल कुर्सी हासिल करना है उन्होंने कहा कि कांग्रेस विकास के लिये सत्ता हासिल करना चाहती है वहीं आज मुख्यमंत्री कमलनाथ जबलपुर में चुनावी सभा लेंगे भाजपा की ओर से विदेशमंत्री सुषमा स्वराज ने कल रीवा में चुनावी सभा में कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा विकास और लोक कल्याण के मुद्दों पर मोदी सरकार खरी उतरी है भाजपा नेता ने कहा कि देश में विकास के लिये स्थिर सरकार जरूरी है वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छिंदवाड़ा जिले के गुड़मंडी में प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर दबाव बनाने का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार प्रशासनिक मशीनरी का दुरूपयोग कर चुनाव में जीत हासिल करना चाहती है जीएसटी ई वे बदलाव वित्त मंत्रालय ने ई वे बिल प्रणाली में बदलाव की शुरुआत की है जिसमें जीएसटी चोरी रोकने के लिए एक चालान पर कई बिल बनाने पर रोक और पिन कोड आधारित ई वे बिल बनाने के लिए दूरी की स्वतः गणना शामिल है

ई वे बिल बनाने में दुरूपयोग के मामले सामने आने के बाद राजस्व विभाग ने ट्रांसपोर्टरों और व्यापारियों द्वारा ई वे बिल बनाने की प्रणाली को दुरुस्त करने का फैसला किया था

उमेश यादव ने सर्वाधिक तीन विकेट लिए आज रात आठ बजे कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से कोलकाता में होगा अब तक के मैचों के बाद मौजूदा चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स अंक तालिका में सबसे ऊपर है डेलही कैपिटल्स दूसरे और मुम्बई इडियंस तीसरे स्थान पर है मौसम प्रदेश में एक बार फिर गरमी जोर पकड़ने लगी है पिछले चौबीस घण्टों के दौरान सागर होशंगाबाद इंदौर ग्वालियर चंबल और उज्जैन संभागों के जिलों में तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किये गये

खण्डवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में दिन का अधिकतम तापमान तिरतालीस दशमलव एक डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया गर्मी बढ़ने सेलोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है मौसम विभाग ने इंदौर होशंगाबाद और चंबल संभागों के जिलों में कहीं कहीं लू चलने की आशंका जताई है विभाग ने इस दौरान लोगों से सूर्य की किरणों के सीधे संपर्क में आने से बचने की सलाह दी है विभाग ने हल्के रंग के सूती रंग के कपड़े पहनने अपने सिर को कपड़े या टोपी से ढककर रखने और पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करने की सलाह दी है